गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अनलॉक की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है इस संबंध में केंद्रीय गृहसचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में यह स्पष्ट किया है कि राज्यों के बीच तथा किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है पत्र में कहा गया है कि कुछ राज्यों अथवा जिलों में स्थानीय तौर पर आवागमन पर कुछ रोक लगाई गई है जिससे राज्यों के बीर्च सामान और सुविधाओं के परिवहन में समस्या आ रही है साथ ही इससे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों पर भी विपरीत असर पड रहा है

पत्र में दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस प्रकार के प्रतिबंध न लगाए जाएं राज्य में पिछले चौबीस घंटे में आठ सौ बहत्तर नये कोरोना संक्रमितों की पहचान हई है जबकि राजधानी रांची में एक सौ अठासी नये संक्रमितों की पुष्टि की गयी है वहीं आठ सौ चौदह संक्रमित स्वस्थ भी हुए है राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या उन्नतीस हजार एक सौ तीन हो गयी है

लोहरदगा जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढता जा रहा है

इस प्रकार जिले में चार सौ पचासी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हो चुकी है तीन सौ पचहत्तर लोगों को पूर्णतः स्वस्थ होने और कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है दूसरे राज्यों से झारखंड में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए चौदह दिनों तक होम क्वॉरेंटाइन का अनुपालन करना आवश्यक है निर्देश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ रांची ज़िला प्रशासन की सख्ती जारी है रांची जिला प्रशासन द्वारा लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है

होम क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने के आरोप में सभी सात व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है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

श्री पॉल ने कहा कि अन्य दो वैक्सीन फिलहाल चिकित्सकीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण में हैं जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर विशेष जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है

यह प्रस्ताव केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजा जायेगा झारखंड में यह सभी जातियां बीसी वन और बीसी टू में शामिल हैं केन्द्रीय ओबीसी सुची में इन जातियों के शामिल नहीं होने के कारण इन वर्ग के लोगों को केन्द्र सरकार और केन्द्रीय उपकमों की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केन्द्र सरकार से जनजातीय भाषा मुण्डारी हो और कुड्ख को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की भी मांग की है इस संबंध में उन्होंने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि आदिवासी बहुल राज्य होने के कारण तीनों जनजातीय भाषाएं बड़े क्षेत्र में प्रचलित हैं और जिस तरह से संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है उसी प्रकार इन भाषाओं को भी शामिल किया जाये सिमडेगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में महिला बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग और झारखंड महिला विकास समिति द्वारा तेजस्विनी परियोजना का संचालन किया जा रहा है

खूंटी जिले में यह पहला जल संचयन भूंगरु स्थापित किया गया है

साथ ही बारिश में होने वाले पानी का संचयन भी आसानी से किया जा सकता है जल संचयन की यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें आसपास के जल स्रोतों को रिचार्ज करने में इसकी भूमिका अहम होती है कार्यक्रम में मनरेगा आयुक्त ने कहा कि हमें गांव के विकास को प्राथमिकता देनी है गांव का विकास होगा तभी शहरों को भी जीवन मिलेगा गोड्डा जिले के विभिन्न हिस्सों में नगर विकास विभाग की ओर से एक अरब की लागत से जल मीनार संबंधी योजना तैयार की जा रही है

जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने शहरी जलापूर्ति योजना में काम कर रहे एजेंसी को अविलंब कार्य करने का निर्देश दिया है चतरा जिले के सीसीएल पिपरवार एरिया के कन्वेयर बेल्ट में आई तकनीकी खराबी के कारण कल शाम अचानक आग लग गई जानकारी के मुताबिक सीएचपी के कन्वेयर बेल्ट से कोयले का वास और कोयले का कटिंग किया जाता है यहां कन्वेयर बेल्ट से कार्य चालू था इसी बीच अचानक ध्रंआ उठने लगा और देखते ही देखते कन्वेयर बेल्ट से आग की लपटे उठने लगी इस घटना के बाद कोल वाशरी का काम बन्द कर दिया गया है पिपरवार जीएम अजय सिंह सहित कई अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर घटना की जानकारी ली बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के प्रभाव से कल से अठाईस अगस्त तक राजधानी समेत प्रे राज्य में अच्छी बारिश के आसार हैं

मौसम वैज्ञानिको के अनुसार राजधानी रांची में अगस्त महीने के अंत तक मौसम सकिय रहने की संभावना है राज्य में पिछले चौबीस घंटों में मॉनसून सामान्य रहा

अब अखबारों की सुर्खियां और अब एक नजर आज के अखबारो की सुर्खियों पर सभी हिंदी दैनिक अखबारों ने आज अनलॉक तीन के दौरान केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों को प्रमुखता दी है वहीं राज्य में बढ़ रहे लगातार कोरोना संकमण पर भी अपनी पैनी निगाह रखी है प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर अनलॉक तीन के दौरान केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश पर केन्द्र द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर पाबंदी नहीं लगाने के शीर्षक को जगह दी है दैनिक हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य की छत्तीस पिछड़ी जातियों को ओबीसी में शामिल करने की तैयारी को अपने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने दसवीं और बारहवीं की कक्षा खोलने को लेकर राज्य सरकार की गंभीरता को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे फेसबुक और टविटर के खिलाफ सौ करोड़ रूपये की मानहानि का दावा दर्ज करने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है अंग्रेजी दैनिक द हिन्दुस्तान टाइम्स ने बीएसएफ द्वारा पाकिस्तान सीमा से पंजाब में प्रवेश कर रहे पांच घुसपैठियों को मार गिराये जाने की खबर को प्रमुखता से जगह दी है